उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए नई दिल्ली में श्री मोदी ने कहा कि देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जा रहे हैं बाइट जो लैब के अंदर तराशा गया हो जिसको मेडिकल साइंस की द्रनिया समझ सके इस रूप में उसका प्रस्तुतीकरण हो और इसी के तहत आयुष को भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाने पर बल दिया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा है कि आयुष और योग फिट इंडिया अभियान के मजबूत स्तम्भ हैं उन्होंने कहा कि योग प्राणायाम और आयुर्वेद के बल पर ही वे स्वस्थ हैं उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेद योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सिद्ध यूनानी और होम्योपैथी के बाद आयुष परिवार में सोवा रिगपा भी शामिल हुआ है श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा की जीवन शैली में विश्वास करते थे बाइट और गांधी जी कहते है थे कि प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है यह किसी इलाज का तरीका नहीं है ये इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने कही है उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जीवन का आधार बनाया हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए है

केन्द्र सरकार ने सरकारी बैंकों के एकत्रिकरण और उन्हें मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दस बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की आज घोषणा कर दी इसके बाद अब देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या बारह रह जायेगी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ओरियटल बैंक ऑफ कामर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जायेगा इसी प्रकार कनरा बैंक में सिंडीकेट बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा इसी तरह यूनियन बैंक के साथ आन्ध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय किया जायेगा उन्होंने बताया कि इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घट कर बारह रह जायेगी वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया कि विलय के बावजूद बैंक कर्मचारियों की छटनी नहीं की जायेगी इन विलय प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पंजाब नेशनल बैंक केनरा बैंक यूनियन बैंक इंडियन बैंक बैंक आफ इंडिया सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्रा और यूको बैंक रह जायेंगे

नई दिल्ली में कल केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों से हरियाली बढ़ाने के लिए बजट में हर वर्ष बढ़ोत्तरी करने की अपील की उन्होंने कहा कि पौधे लगाने पर खर्च होने वाली राशि भविष्य के लिए निवेश है

उन्होंने कहा कि वनरोपण कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयासों की निगरानी जियो टैगिंग और वीडियो शूटिंग जैसी तकनीकों की सहायता से की जाएगी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को सफलता के लिये लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को संबोधित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गौरतलब है कि वर्ष दो हजार अट्ठारह में शुरू किये गये राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत दो हजार बाईस तक देश को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा पोषण अभियान चलाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स विभागों की आयोजित इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग समन्वय स्थापित करते हुए अभियान की सफलता के लिये एकजुट होकर प्रयास करे उन्होंने कहा कि पोषण अभियान बाल स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस अभियान को स्कूल चलो अभियान से जोड़ा जाये मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रभारी मंत्रियों को भी पोषण अभियान से जोड़ने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सही समन्वय से पोषण अभियान में वैसी ही सफलता मिलेगी जैसी प्रदेश में संचारी रोगों को नियंत्रित करने में मिली है मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को इस अभियान की लगातार मॉनीटरिंग करने और इसकी प्रगति की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिये उन्होंने ब्लॉक और तहसील स्तर पर क्षेत्र निरीक्षण करने की भी आवश्यकता बताई मुख्यमंत्री ने कहा कि शुद्ध पेयजल के विषय में व्यापक अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जाये साथ ही कुपोषण जैसी समस्या से निपटने और बच्चों के समुचित विकास के लिये कुपोषित परिवारों को दवाओं और खान पान की सही जानकारी उपलब्ध कराई जाये इस बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कृषि उद्यान ग्राम्य विकास पंचायती राज बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और नगर विकास विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे प्रदेश की लखनऊ छावनी में जनरल ड्यूटी के रूप में आयोजित होने वाली महिला सैन्य पुलिस भर्ती की रैली में भाग लेनी वाली चयनित महिला अभ्यर्थियों क प्रवेश पत्र जारी कर दिये गये हैं यह भर्ती प्रक्रिया आगामी बारह सितम्बर से बीस सितम्बर तक आयोजित की जायेगी सेना के प्रवक्ता के अनुसार इस भर्ती के लिये पच्चीस अप्रैल से तीस जून तक पंजीकृत महिला अभ्यर्थियों में से चार हजार चार सौ अट्ठावन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है यह सभी महिला अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत लॉग इन से डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर जाकर अपना प्रवेश पत्र प्रिंट कर सकती हैं उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के सभी जिलों के लिये सैनिक जनरल ड्यूटी के रूप में महिलाओं की यह भर्ती लखनऊ छावनी स्थित सेना चिकित्सा कोर केन्द्र एवं कॉलेज के स्टेडियम में आयोजित की जायेगी इस भर्ती के प्रथम चरण में बारह से चौदह सितम्बर तक अभ्यर्थियों की शारीरिक माप शारीरिक फिटनेस परीक्षण एवं दस्तावेजों की जांच की जायेगी परीक्षण और जांच में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जायेगा जन समस्याओं के निराकरण और जन सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाने पुलिस बल को बेहतर संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान करने तथा क्षेत्र की अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रदेश के आठ जनपदों में पुलिस थानों के ग्रामों के सीमांकन की अधिसूचना जारी की गई है जिन जनपदों में यह अधिसूचना जारी की गई है वह है बुलन्दशहर चित्रकूट फिरोजाबाद खीरी कानपुर देहात कानपुर नगर अमरोहा और संतकबीरनगर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि इस अधिसूचना को असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल द्वारा बे टिकट और अनियमित यात्रियों की रोकथाम के लिये चलाये गये अभियान के अन्तर्गत कल बहत्तर हजार पांच सौ अस्सी रूपये का रेल राजस्व वसूला गया इस टिकट जांच अभियान के दौरान कल एक सौ बयासी यात्री पकड़े गये जिसमें से बावन यात्री बिना टिकट एवं एक सौ सत्रह यात्री अनियमित टिकट के साथ यात्रा कर रहे थे